केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक तीन के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने की इजाजत दे दी है इसके साथ ही इकतीस अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे लेकिन जिम को पांच अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य इलाकों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है हालांकि कंटेनमेंट जोन में इकतीस अगस्त तक सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा अनलॉक तीन के प्रक्रिया एक अगस्त से जारी होगी राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रावधानों को देखने के बाद ही राज्य में लॉकडाउन में छूट देने पर विचार किया जाएगा

इसके अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया हैं इस नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं वर्ष दो हजार पैंतीस तक सकल नामांकन दर को पचास प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है स्कूली शिक्षा के प्रारूप में भी बदलाव किए गए हैं पांचवी कक्षा तक बच्चे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई कर सकेंगे छठी कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा और इंटरशिप की व्यवस्था की जाएगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का छह प्रतिशत किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है इस वर्ष का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है

वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉ एस सुरेश बाबू को प्रदान किया गया है लातेहार जिले के उपायुक्त जिसान कमर ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में संचालित मनरेगा की योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए

रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में श्री आलम ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की उचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा जैसा की आपको मालूम है कि राज्य के मनरेगाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं रफाल लडाकू विमान की पहली खेप बाद अम्बाला पहुंच गई है रफाल के इस खेप में तीन सिंगल सीटर और दो दो सीटर विमान हैं इन्हें हरियाणा के अम्बाला स्थित एयरबेस में भारतीय वायुसेना मे शामिल किया जायेगा फ्रांस की कंपनी दस्सों द्वारा निर्मित इन लडाकू विमानों को सोमवार को दक्षिणी फ्रांस के बॉर्डे स्थित मेरीनियाख हवाईअड्डे से रवाना किया गया था

फ्रांस में भारतीय द्रतावास ने एक बयान मे कहा है कि दस विमानों की डिलीवरी तय समय के भीतर पूरी कर ली गई है इनमें से पांच विमान प्रशिक्षण मिशन पर फ्रांस में ही रहेंगे

डोरंडा सेंट्रल मोहर्रम कमिटी ने शहर के तमाम लोगों सें अपील की है कि बकरीद की नमाज महजिद और ईदगाह के वजाय घर में अदा करें नमाज के बाद चौक चौराहों पर भीड़ न लगायें और सफाई का ख्याल रखें राज्य में कोरोना जांच के लिए आज से एक अगस्त तक तीन दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा इस अवधि में एक लाख कोरोना परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर नौ हजार से अधिक हो गई है अभी तक दो लाख बिरासी हजार से अधिक सेंपल लिए गए हैं जिनमें नौ हजार छह सौ अरसठ पॉजिटिव मामले मिले इलाज के बाद तीन हजार नौ सौ चौरासी लोग स्वस्थ हए हैं और राज्य में अभी तक चौरानबे लोगों की मौत कोरोना से हुई है राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार छह सौ अस्सी रांची में हैं और पूर्वी सिंहभूम जिलो में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार पांच सौ सोलह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया है पलामू जिले में स्थित पीएमसीएच में डायग्नोस्टिक लैब का ऑनलाईन उदघाटन करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना संकमण के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने शुरूआती दिनों से ही तेज गति से काम करती रही है उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दस लाख तक पहंच गई है

कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है

देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अड़तालीस हजार से अधिक नए कोरोना मामले सामने आए हैं सात सौ अरसठ लोगों की मौत कोरोनासे हुइ हैं देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर पंद्रह लाख इकतीस हजार से अधिक हो गई है केंद्री स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या दस लाख के करीब पहुंच गई हैं कोरोना से स्वस्थ होने की देर चौंसठ प्रतिशत हो गई है और मृत्युदर में भी कमी आई है

अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में लोगों को सरकार द्वारा दिए गए निर्देशो ंका पालन करना चाहिए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

वित्त मंत्रालय द्वारा कल इस आशय की अधिसूचना जारी की गई अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी

प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान के तहत गोड्डा में प्रवासी श्रमिकों को खाद्य प्रसंस्करण के तरीके बताए जा रहे हैं ग्रामीण विकास ट्रस्ट के कृषि विकास केंद्र में प्रवासी श्रमिकों को अपने गांव में ही रोजगार दिलाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की तरह तरह की विधियां बताई जा रही हैं साथ ही बैंक अधिकारी इन्हें वित्तीय समावेशन वित्तीय साक्षरता और वित्तीय जागरूकता के बारे में भी बता रहे हैं

इस संबंध में पुलिस ने आठ चोर को गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन लुटेरों को गिरफ़्तार किया है इनके पास से हथियार सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं गिरफ्तार अपराधियों में नक्सलियों का एक पूर्व एरिया कमांडर भी शामिल है पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में एक अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया है उसके पास से एक सौ पन्द्रह किलो अफीम डोडा का चूर्ण बरामद किया गया है उधर सिमडेगा जिले में भी पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है इस अपराधी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में ग्यारह संगीन मामले दर्ज हैं हजारीबाग में भी पुलिस ने कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है पुलिस को लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के करमा गांव में तेज बारिश के साथ हुए बजपात की घटना में एक किसान की मौत हो गई मरने वाला किसान मुरारी ठाक्र उस वक्त खेत मे काम कर रहा था बारिश से बचने के लिए वह महआ पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और वज्रपात की चपेट में आ गया घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक प्रभात खबर ने लिखा है चौंतीस साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव एचआरडी का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय अखबार ने अभी लिखा है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए कड़े नियम

रफाल के भारतीय बेड़े में शामिल होने को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है सुखोई के तेईस साल बाद वायु सेना में शामिल हुआ नया विमान दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस से बचाव के अगले चरण अनलॉक तीन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है रात का कर्फ्यू खत्म झारखंड में एक दो दिनो में होगा फैसला वहीं हिन्दुस्तान ने अनलॉक की खबर को शीर्षक दिया है देश भर में स्कूल कॉलेज इकतीस अगस्त तक बंद रहेंगे साथ ही अयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू होने की खबर को शीर्षक दिया है राम मंदिर का निर्माण पांच अगस्त से ही दैनिक जागरण ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को शीर्षक दिया है दस हजार के पार संक्रमित आठ और मरीजों की मौत रांची एक्सप्रेस ने राफेल विमान के भारत पहुंचने की खबर को शीर्षक दिया है अंबाला एयरबेस पहुंचे राफेल विमान वाटर सैल्यूट से हुआ सांदार स्वागत साथ ही अखबार ने नई शिक्षा नीति की खबर को शीर्षक दिया है मोदी सरकार ने घोषित की देश के लिए नई शिक्षा नीति अंग्रेजी अखबार दे टाईम्स ऑफ इंडिया ने राफेल विमान के भारत आने की खबर पर लिखा है कि पांच राफेल जेट के आने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ गई है वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खबर को प्रकाशित करते हुए अखबार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की खबर को प्राथमिकता दी है